जारी किया मैं नहीं हम पोर्टल और मोबाइल एप

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि भारत आज की तमाम चुनौतियों से निपटते हुए विश्व में अपना सही स्थान बना लेगा उन्होंने कहा कि सरकार की किसी भी योजना की सफलता जनता की भागीदारी में निहित है सरकार कितने ही इनिशिएटिव लेती हो सरकार कितने ही बजट खर्च करती हो लेकिन जब तक जन जन का उसमें हिस्सा नहीं होगा भागीदारी नहीं होगी तो हम जो परिणाम चाहते है इंतजार नहीं कर सकता हिन्दुस्तान दुनिया भी हिन्दुस्तान को अब इंतजार करते हुए देखना नहीं चाहती है

सूचना टेक्नॉलोजी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के पेशेवरों तथा औद्योगिक प्रमुखों के साथ कल नई दिल्ली में वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि लोग दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं और समाज के लिए कार्य करके उसमें अनुकल बदलाव भी लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के यवा टेक्नॉलोजी का फायदा बेहतरीन तरीके से उठा रहे हैं और इसका इस्तेमाल न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कर रहे हैं जो एक शानदार संकेत है महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसमें समी को समान अवसर मिलें उन्होंने कहा कि और अधिक संख्या में लोग करों का भुगतान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन है कि उनका पैसा सही तरीके से जनता की भलाई में लगाया जा रहा है कृषि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वैच्छिक प्रयासों से इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के जरिये भारत में महात्मा गांधी के सपने साकार हो रहे हैं प्रज्य बापू को श्रद्वांजलि देते हुए हम सेवा भाव तो करते ही है लेकिन हम एक प्रायश्चित भी कर रहे है कि बापू आपके रहते हुए जो काम अध्ररा रह गया देर हो गई है उसको हम प्ररा कर देंगे

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर मैं नहीं हम पोर्टल और मोबाइल एप का भी शुमारम किया यह पोर्टल सेल्फ फॉर सोसायटी यानी समाज के लिए स्वयं को समर्पित करने की धारणा पर आधारित है इससे सूचना टेक्नॉलोजी विशेषज्ञों तथा संगठनों को सामाजिक उद्देश्यों के लिए एकजुट होने में मदद मिलेगी देश के एक सौ स्थानों के पेशेवर सूचना टेक्नॉलोजी विशेषज्ञों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बहराइच और खलीलाबाद के बीच करीब पांच हजार करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली बड़ी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चार आकांक्षी जिलों से होकर गुजरने वाले इस रेल मार्ग के बनने से बौद्व पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा

लेकिन सबसे बड़ी जो इस प्रोजेक्ट की बात है कि उत्तर प्रदेश के चार एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्स जिसे आप जानते हैं अन फ्रिफ्टीन एज बिन सेलेक्टेड उससे गुजरेगा बहराइच बलरामपुर श्रावस्ती सिद्दार्थनगर संतकबीरनगर और बहुत जो बुद्विष्ट सर्किट के भी डिस्ट्रिक्स हैं उधर से भी गुजरेगा श्री प्रसाद ने बताया कि आर्थिक मामलों की समिति ने आशा कार्यकर्ताओं का प्रतिदिन का विजिट चार्ज बढ़ाया है इस फैसले से स्वास्थ्य से जुड़े एक करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा आशा वर्कर के लिए एक और बड़ी उम्मीद के साथ फैसला किया गया है

केन्द्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है जो मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की जांच करेगा मंत्री समूह की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी निर्मला सीतारामन और महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को मंत्रिसमूह का सदस्य बनाया गया है मंत्रिसमूह तीन महीने के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के मौजूदा प्रावधानों की जांच करेगा और आगे के उपाय सुझाएगा प्रदेश सरकार ने आगामी इकतीस अक्टूबर यानि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाये जाने के निर्देश दिये हैं उस दिन समी कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा पूर्वान्ह ग्यारह बजे राष्ट्रीय एकता शपथ ली जायेगी

इस अवसर पर समी विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें सरदार वल्लम भाई पटेल के राष्ट्रीय एकता में योगदान पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जायेंगी केन्द्र सरकार ने कहा कि सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है और इसकी संस्थागत सत्य निष्ठा बनाये रखना पहली शर्त है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगना असाधारण स्थिति है श्री जेटली ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई करने और सीबीआई की संस्थागत ईमानदारी बनाये रखने के लिए दोनों अधिकारी अंतरिम उपाय के तौर पर अवकाश पर रहेंगे उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश और सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य सीबीआई की संस्थागत सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता बहाल करना है श्री जेटली ने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी बैठक में कहा था कि श्री आलोक वर्मा या श्री राकेश अस्थाना या उनके निरीक्षण में कोई अन्य एजेंसी उनके खिलाफ आरोपों की जांच नहीं कर सकती है लखनऊ में कल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सरकार के साथ समन्वय के संबंध में बैठक आयोजित की गई

बैठक में चुनावी मुद्दों सरकार के कामकाज सहित कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान ने कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल अकादमी स्थापित की जायेंगी मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने कहा कि इन खेल अकादमी में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं और अभ्यास करने की व्यवस्था होगी उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में प्रशिक्षकों की संख्या काफी कम छह सौ है जिसे बढ़ाकर प्रथम चरण में नौ सौ पचास करने की योजना बनाई गई है केन्द्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बाधाएं दूर करने के लिए संबंधित पक्षों से सक्रिय कदम उठाने और परियोजनाओं के अमल में तेजी लाने को कहा है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं की गहन समीक्षा की श्री गडकरी ने कहा कि बड़ी तेजी से काम हो रहा है और नमामि गंगे कार्यक्रम काफी सफल रहेगा उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने कहा कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है वे मुम्बई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित एशिया प्रशान्त कृषि सूचना प्रौद्योगिकी संघ और कृषि में कम्पयूटर के योगदान पर विश्व कांग्रेस सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे श्री नायडू ने कहा कि देश के किसान डिजिटल स्मार्ट फार्मिंग के फायदों को जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कोविद कुमार सिंह के निधन पर भाजपा विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह की अग्वाई में लखनऊ में एक शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्वाजंति दी गई

शोकसभा में लोकतंत्र सेनानी समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम सेवक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे